इसके पीछे पिछले चार पांच वर्षो की कड़ी मेहनत है हर क्षेत्र हर विधा और हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है अब तो असली काम की शुरूआत हुई है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा को माध्यम है भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए

सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के आकलन के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ सभिति बनाई है

सभिति समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के राजकीय महाविद्यालयों रूसा भवन इंजीनियरिंग कॉलेज राजकीय पोलोटेक्निक कॉलेज बालिका छात्रावास और अनुसूचित जाति जन जाति बालिका छात्रावास के नवनिर्भित भवनों का लोकार्पण किया श्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये नए भवन राज्य को समर्पित किए

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानूसनी बारिश का तंत्र फिलहाल कमजोर पड़ गया है हालांकि कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है